केन्द्रीय पर्यटन राज्य मंत्री केजे अल्फॉन्स ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत् धमतरी जिले के गंगरेल में ट्रायबल टूरिज्म सर्किट का लोकार्पण किया विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन सत्ताईस सितंबर को किया जाएगा प्रदेश व्यापी अटल विकास यात्रा कल से फिर शुरू हो रही है मुख्यमंत्री कल कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर जाएंगे हस्तशिल्प प्रस्कार केन्द्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने आज राजधानी रायपुर में देश के सिद्दहस्त शिल्पियों को शिल्पगुरू और राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरिम में आज राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया

प्रदेश के ग्रामोद्योग विभाग और केन्द्रीय कपड़ा मंत्रालय के हस्तशिल्प प्रभाग द्वारा आयोजित इस समारोह में आठ शिल्पियों को शिल्प गुरू और पच्चीस शिल्पियों को वर्ष दो हजार सोलह के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ग्रामोद्योग मंत्री पुन्नूलाल मोहले और रायपुर से लोकसभा सांसद रमेश बैस भी उपस्थित थे गौरतलब है कि शिल्प गुरू पुरस्कार की शुरूआत केन्द्र सरकार ने वर्ष दो हजार दो में की थी पुरस्कार के रूप में दो लाख रूपए नगद और एक स्वर्ण सिक्के के साथ शॉल प्रमाण पत्र और ताम्र पत्र दिए जाते हैं वहीं राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार की स्थापना वर्ष उन्नीस सौ पैंसठ में की गई थी ये पुरस्कार सिद्ध हस्तशिल्पियों को उनके शिल्प के संवर्धन और कौशल स्तर के लिए दिया जाता है राष्ट्रीय पुरस्कारों के तहत प्रत्येक शिल्पी को एक लाख रूपए नगद एक शॉल एक प्रमाण पत्र और ताम्र पत्र प्रदान किया गया

इस अवसर पर श्री अल्फांस ने कहा कि देश में पिछले चार साल में वैश्विक पर्यटन में चौदह प्रतिशत् की वृद्धि हुई है

इससे गंगरेल की खूबसूरती देश विदेश में फैलेगी श्री अल्फॉन्स ने कहा कि सरकार की नीति तीन साल में पर्यटकों की संख्या को दोगुना करने की है कार्यक्रम में प्रदेश के पर्यटन मंत्री दयालदास बघेल और पंचायत मंत्री अजय चन्द्राकर भी मौजूद थे गोरतलब है कि भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत प्रदेश के तेरह प्रमुख स्थलों को जोड़ा जाएगा इस परियोजना के लिए पर्यटन मंत्रालय ने करीब निन्यानवे करोड़ रूपए स्वीकृत किए हैं इसके तहत पर्यटन केन्द्रों में विभिन्न संस्कृति से परिपूर्ण पर्यटन गांवों और कैफेटेरिया गार्डन पंगोड़ा तथा वॉटर स्पोर्ट्स सहित अन्य बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएगी आदिवासी पर्यटन सर्किट परियोजना का उद्देश्य राज्य की समुद्ध और विविधता से पूर्ण आदिवासी संस्कृति से देश और विदेश के पर्यटकों को अवगत कराना है हिन्दी दिवस आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है उन्नीस सौ उनचास में आज के ही दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विभिन्न विभागों मंत्रालयों और कार्यालयों के प्रमुखों को हिंदी को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट योगदान के लिए राजभाषा कीर्ति और राजभाषा गौरव पुरस्कार प्रदान किए समारोह को संबोधित करते हुए श्री नायड ने कहा हिन्दी के बगैर हिघ्द्स्ध्तान को आगे बढ़ाना संभव नहीं श्री नायड ने कहा कि सबको अपनी मातृभाषा से प्रेम होना चाहिए हिन्दी दिवस के अवसर पर आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है

प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने आज एक पत्रकारवार्ता में बताया कि मतदाता आनलाईन प्रक्रिया के तहत अभी भी अपना नाम जुड़वा सकते हैं साथ ही आयोग के पोर्टल पर भी नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं वहीं बीस सितंबर तक दावा आपत्तियों का निराकरण किया जायेगा उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में किसी भी तरह की कोई त्रुटि न रहे इसलिए सत्यापन कराए जा रहे हैं यह भी ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति का नाम सूची से न छूटने पाए इसके अलावा सौ साल से ज्यादा उम्र के मतदाताओं का भी सत्यापन कराया जा रहा है श्री साहू ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों से बूथ लेवल पर एजेंट नियुक्त करने के लिए कहा गया है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री साहू ने बताया कि सभी मतदान केंद्र में वीवीपीएटी का इस्तेमाल किया जाएगा इसलिए सार्वजनिक जगहों पर इनका प्रदर्शन किया जा रहा है उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में आठ सौ तिरालीस अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है वहीं मंतदानकर्मियों को कैशलेस मेडिकल सुविधा दी जाएगी इसके अलावा एयर एंबुलेंस भी तैनात की जायेगी उन्होंने बताया कि आयोग को अब तक अवैध शराब वितरण को लेकर सात सौ बाईस शिकायतें मिल चुकी हैं और जिनमें आठ हजार लीटर से अधिक की शराब जब्त भी की गई है भाजपा कार्यसमिति बैठक भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक आज रायपुर में आयोजित की जा रही है इस बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक सहित अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हए बैठक के दौरान विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों पर चर्चा की गई साथ ही कार्यकर्ताओं से आहवान किया गया कि वे केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं को सक्रियता के साथ घर घर तक पहुंचाएं कार्यसमिति की इस बैठक में कृषि प्रस्ताव के साथ साथ राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किया गया अटल विकास यात्रा प्रदेश व्यापी अटल विकास यात्रा कल पन्द्रह सितम्बर से फिर शुरू हो रही है इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पन्द्रह से बीस सितंबर तक प्रदेश के पन्द्रह जिलों के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करेंगे वे आमसभाओं को सम्बोधित कर विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन भी करेंगे मुख्यमंत्री कल कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर पहुंचेंगे और वहां करीब एक सौ सत्तर करोड़ रूपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन करेंगे

यह जानकारी आज रायपुर में चिप्स कार्यालय में आयोजित शासी परिषद की बैठक में दी गई मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के अन्य शहरों में वायु प्रद्षण पर नजर रखने और नियंत्रण के लिए छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी चिप्स द्वारा अपनायी जा रही प्रौद्योगिकी के नतीजों पर खुशी प्रकट की है अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि चिप्स द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर से शहरों में वायु प्रदूषण के स्तर की त्वरित रिपोर्टिंग हो रही है न्आ खाई प्रदेश में आज नुआ खाई पर्व उत्कल समाज द्वारा श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है यह पर्व नई फसल के आगमन पर देवी अन्नपूर्णा के स्वागत में मनाया जाता है देश के सभी राज्यों में अलग अलग समय और अलग अलग मौसम में किसान मजदूर और आम नागरिक यह उत्सव मनाते हैं ओडिशा में यह पर्व नुआ खाई के नाम से मनाया जाता है नुआ खाई के मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेशवासियों खासकर प्रदेश में रहने वाले उत्कलवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं संक्षिप्त समाचार प्रदेश के कलाकारों के पंजीयन के लिए शुरू की गई चिन्हारी योजना के तहत एक नई वेबसाइट का निर्माण किया है

सुकमा जिले के बुर्कापाल इलाके में आज माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी की चपेट में आने से एक ग्रामीण महिला घायल हो गई